भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी पूरी ताकत के साथ अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं वहीं इन दोनों पार्टियों के बड़े नेता भी चुनावी रैलियों के माध्यम से मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं भाजपा के चुनाव प्रचार की कमान वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर संभाल रहे हैं जबकि कांग्रेस पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को स्टार प्रचारक बनाया है कांग्रेस हमीरपुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस पदाधिकारियों की आम सभा आज हमीरपुर में हुई जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कलदीप राठौर पार्टी प्रत्याशी रामलाल ठाक्र विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व अध्यक्ष ठाक्र सुखविन्दर सिंह ने भाग लिया बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई वीरभद्र सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी इस बार चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी उन्होंने कहा कि वे सभी क्षेत्रों का दौरा कर पार्टी की जीत के लिए काम करेंगे

अनुराग ठाकुर इस बीच हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाक्र ने आज नादौन में अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार ने पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं शुरू की हैं और कानूनों में बदलाव किया गया है संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर को श्रद्वांजलि देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछड़े वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए उल्लेखनीय कार्य किया अनुराग ठाकुर ने लोगों से भाजपा के पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया

कल्पा में हमारे किन्नौर प्रतिनिधि से बातचीत में उन्होंने देश के सभी नागरिकों से लोकसभा चुनाव में वोट डालने का आग्रह किया है

तब से लेकर आज तक वे हर चुनाव में वोट डालते आए हैं श्याम सरन नेगी ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करना सरल और सुरक्षित है सुरेश कश्यप शिमला संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार सुरेश कश्यप ने आज शिमला में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने कहा कि सिरमौर ज़िले के गिरिपार क्षेत्र के हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिलाने के मुददे को वे प्रमुखता से संसद में उठाएंगे

भाजपा नेता व शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया नरेश चौहान कांग्रेस प्रवक्ता नरेश चौहान ने भाजपा पर अनिल शर्मा को लेकर दोहरे मापदण्ड अपनाने का आरोप लगाया है शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने पूछा कि भाजपा में रहते पंडित सुखराम का परिवार सही था और अब कांग्रेस में आने पर गलत कैसे हो गया है नरेश चौहान ने भाजपा नेताओं को मर्यादा में रहकर बयानबाज़ी करने की सलाह दी

मुख्य समारोह शिमला के अम्बेदकर चौक पर हुआ जहां राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने डॉक्टर अम्बेदकर की प्रतिमा पर श्रद्वासुमन अर्पित किए उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेदकर भारतीय संस्कृति व समाज के एक ऐसे महापुरूष थे जिन्होंने मानव समाज से असमानता को मिटाकर एकता का सूत्रपात किया राज्यपाल ने कहा कि देश में सामाजिक विषमता को दूर करने का श्रेय डॉक्टर अम्बेदकर को ही जाता है नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट सहित प्रशासनिक अधिकारियों व स्कूली बच्चों ने भी डॉक्टर अम्बेदकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए सूचना व जन संपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन का आयोजन किया गया

हिमाचल दिवस का राज्यस्तरीय समारोह कल शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर होगा जिसकी अध्यक्षता राज्यपाल आचार्य देवव्रत करेंगे राज्यपाल ने उम्मीद जताई है कि जनता के सहयोग से प्रदेश भविष्य में भी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है और इसका श्रेय यहां के ईमानदार व परिश्रमी लोगों को जाता है संज्ञान राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने मनाली के निकट धारा गांव में एक दलित महिला का अंतिम संस्कार रोकने के मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है संत श्री रविदास धर्म सभा के अध्यक्ष कर्मचंद भाटिया ने आज शिमला में ये मामला राज्यपाल के ध्यान में लाया आचार्य देवव्रत ने जिला प्रशासन को इस संबंध में तुरंत उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं